राज्य मे लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान तेज हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेक सभाओं को संबोधित किया विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि एनडीए सरकार के दौरान देश में कारोबार करना आसान हुआ

करौली जिले के श्रीमहावीरजी में भगवान महावीर का सालाना मेला शुरू पूरे प्रदेश में तेज गर्मी का असर जनजीवन होने लगा प्रभावित

जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जनता ने भारी मतदान कर लोकतंत्र की ताकत को सिद्ध किया है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार रही हैं

श्री मोदी ने दो राजनीतिक परिवारों को राज्य की तीन पीढियों को बर्बाद करने का दोषी ठहराया बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवादी शासन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है श्री मोदी ने कहा कि वंशवादी परिवारों के खिलाफ वोट करना बाबा साहब के प्रति सबसे बड़ी श्रद्वांजलि होगी प्रदेश में भी सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में च्नाव प्रचार तेज कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई सभाओं को संबोधित किया सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक जनसभा को संबोधित करते हये श्री गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हये प्रत्याशी के लिये वोट मांगे

उदयपूर में नरेन्द्र मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने पहंचे श्री जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में गलती से कांग्रेस काबिज हो गई थी ॅलेकिन केन्द्र में जनता भाजपा को बहमत देगी

जबकि नागौर संसदीय सीट पर भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया है

कांग्रेस ने विधायक मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को दौसा से अपना प्रत्याशी बनाया है

सोशल मीडिया मंचों से विश्व में रह रहे भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी लेकिन आज यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल और उम्मीदवारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है उसे इस खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए

जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र के नारवाकलां ग्राम पंचायत से इसकी शुरूआत की गई

उड़नदस्ते द्वारा नाकेबंदी कर वाहनों के निरीक्षण के दौरान यह राशि बरामद की गई है

देशभर में इसे राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इसी दिन अठारह सौ इक्यानवे में बाबा साहब का जन्म मध्यप्रदेश के महू में हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों से डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ बी आर अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे बाबा साहब की जयन्ती पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है राजधानी जयपुर में अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहब की मूर्ति पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए

दौसा में इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ इसमें बाबा साहब के आदर्शो पर चलने का आहवान किया गया सवाईमाधोपुर में आज शोभायात्रो निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गो से होती हई अम्बेडकर सर्किल पहंची बांसवाड़ा के ग्रामीण अंचल में वाहन रैली निकाल कर डॉ अम्बेडकर के आदर्शो को आत्मसात करने पर जोर दिया गया धौलपुर नागौर चुरू झालावाड़ जालौर बीकानेर और अजमेर से भी अंबेडकर जयंती श्रद्धा के साथ मनाए जाने के समाचार हैं

यह दिन भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है इस अवसर पर मन्दिरों में विशेष आरती के आयोजन किए जा रहे है और झांकियां भी सजाई गई है हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जिले के सरदार शहर में शोभायात्रा निकाली गई नागौर में भी इस अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गो से भगवान राम की शोभायात्रा निकाली गई करौली जिले के गुढाचन्द्रजी स्थित बरवासन देवी मंदिर में इस अवसर पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है ब्रंदी में आज रात निकाली जाने वाली भगवान श्रीराम की शोभायात्रा के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं प्रदेश के कई भागों में यह पर्व कल मनाया गया

लोगों को गर्मी से बचने के लिये तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं दोपहर में सड़कें और बाजार सूने नजर आने लगे हैं मनरेगा के मजदूरों के समय में परिवर्तन किया गया है जैसलमेर में गर्मी की वजह से न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है बल्कि पर्यटन व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है